पीएसी की फ्लड कम्पनी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की टीम को तैयार रहने को कहा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा नदी के किनारे स्थित समी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को लगातार निगरानी करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वह किसी अफवाह पर न तो भरोसा करें और न ही फैलायें स्वयं सतर्कता बरतते हुये लोग नदी के किनारे न जाएं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि किसी भी विषम परिस्थिति के उत्पन्न होने पर जिला प्रशासन का सहयोग करें उन्होंने आश्वस्त किया है कि प्रदेश सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है मुख्यमंत्री ने बताया है कि आज उत्तराखण्ड में नंदा देवी ग्लेशियर का एक भाग टूट कर ऋषि गंगा नदी पर बने पावर प्रोजेक्ट डेम पर गिरने की सूचना प्राप्त हुयी है जिससे अलखनंदा नदी में जल प्रवाह अचानक बढ़ गया है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र की भाषा उसकी गौरव होती है राष्ट्र की संस्कृति और अस्मिता की पहचान उसकी भाषा से होती है विश्व में वही देश और समाज प्रतिष्ठा का पात्र होता है जो अपनी भाषा और संस्कारों का अभिमानी होता है राज्यपाल आज लखनऊ के ख्वाजा मोइन्ददीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में स्टडी सेंटर और स्टूडेंट फैसिलिटी सेंटर के उदघाटन कार्यक्रम को सम्बोधित कर रही थीं राज्यपाल ने कहा कि भारतीय भाषाओं का समन्वय ही देश के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि विश्वविद्यालय ने अपने नाम मे परिवर्तन कर क्छ भाषाओं की जगह सभी भाषाओं को बढ़ावा देने का प्रावधान किया है विश्वविद्यालय में अब हिन्दी अंग्रेजी उर्दू अरबी और फारसी के साथ साथ संस्कृत भाषा के पाठ्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर विराजमान रामलला का दर्शन किया उन्होंने प्रसिद्व हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना की दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी में जन प्रतिनिधियों से मुलाकात की और अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी ली उन्होंने संग्रहालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा भी की देश में अब तक सत्तावन लाख पचहत्तर हजार से अधिक अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड का टीका लगाया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों में कुल तीन लाख अट्ठावन हजार से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर सत्तानबे दशमलव एक नौ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घटों में बारह हजार आठ सौ पांच लोग स्वस्थ हुए पिछले चौबीस घंटों के दौरान कुल बारह हजार उनसठ कोरोना रोगियों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल अठहत्तर रोगियों की इस संक्रमण से मौत हुई इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढकर एक लाख चौवन हजार से अधिक हो गई है उधर केन्द्र ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कोरोना टीकाकरण की गति तेज करने को कहा है राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ चर्चा के दौरान स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है राज्यों को यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनीति तैयार करने और यथासंभव अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों में भी टीकाकरण सत्र आयोजित करने को कहा गया है देश कोविड वैक्सीन विकसित करने के मामले में आत्मनिर्भर भारत का उत्कृष्ट उदाहरण है

दस ग्यारह महीने के अंदर एक नहीं दो दो वह भी इंडिजीनस स्वदेशी वैक्सीन बना लेना ये बहुत बड़ी आत्मनिर्मरता की छलांग है मैं तो कहूंगा कोविड वैक्सीन के बारे में और दूसरी बात कि बहुत देश है करीब सौ देशों से ज्यादा लोग देख रहे हैं हमारी तरफ कि उनको ये वैक्सीन अवेलेबल हो हमारे देश से प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तीकरण विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि प्रदेश सरकार सोलह फरवरी को महाराजा सुहेल देव की जयंती ध्म्घाम से मनायेगी इस दौरान प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे श्री राजभर ने आज जौनप्र में संवाददाताओं से बातचीत करते हये बताया कि बहराइच में उनकी कर्मभुमि चित्तौरा में एक भव्य प्रतिमा लगायी जायेगी और स्मारक भी बनाया जायेगा इस परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोलह फरवरी को वर्यअल रूप में दिल्ली से करेंगे